राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदाई सहित सभी निर्माण कार्यों पर शनिवार तक रोक लगा दी गई है वायु को स्वच्छ रखने के लिए दस दिनों का जोरों से अभियान चलाया जा रहा है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रदूषण संबंधी गतिविधियों को दूर करने के लिए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है दिल्ली में बाहरी ट्रकों के प्रवेश पर शिनिवार तक रोक लगा दी गई है

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव नो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया